उन्होंने निर्देश दिए कि तबलीगी जमात से जुड़े और उनके सम्पर्क में आए सभी लोगों की जांच जल्दी पूरी की जाए मुख्यमंत्री ने कहा कि सभी अंतर्राज्जीय सीमाओं पर जांच केंद्र स्थापित किए जाएंगे और रैपिड नैदानिक किट्स के माध्यम से परमिट के साथ प्रदेश में आने वाले सभी लोगों की जांच की जाएगी

उन्होंने कहा कि जो व्यक्ति पॉजिटिव पाए जाएंगे उन्हें इन क्वारंटाईन केंद्रों में भेजा जाएगा और इन्हें प्रदेश के भीतर यात्रा नहीं करने दी जाएगी जयराम ठाक्र ने कहा कि प्रदेश सरकार ने पंचायती राज प्रतिनिधियों से उनके क्षेत्र में बाहरी राज्यों से आने वाले सभी व्यक्तियों पर कड़ी निगरानी रखने की जिम्मेवारी सौंपी है जो भी पंचायत प्रधान बाहर से आने वाले लोगों की सूचना छुपाएगा प्रदेश सरकार उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई करेगा

मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने अन्य राजयों में फंसे लोगों को जहां है वहां रहने का आग्रह किया है मुख्यमंत्री जय राम ठाकुर ने पिछले दो दिन से कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों पर चिंता जताई मुख्यमंत्री ने कहा कि लॉकडाउन या कफ़र्यू की वजह से बाहरी राज्यों या अन्य हिस्सों में फंसे लोगों के प्रति सरकार चिंतित है मगर सबकी सुरक्षा के लिए ऐसे लोगों को फिलहाल जहां हैं वहीं रहना चाहिए

उल्लेखनीय है कि कोरोना महामारी से बचाव के लिए उठाए जा रहे एहतियाती उपायों की मुख्यमंत्री जयराम ठाकूर स्वयं समीक्षा कर रहे हैं मगर प्रदेश के लोगों का सहयोग इस महामारी पर जीत हासिल करने में मददगार बनेगा रितेश कपूर आकाशवाणी समाचार शिमला कोरोना पॉजिटिव प्रदेश में कल दो और कोरोना पॉजिटिव मामले सामने आए हैं इनमें से एक कांगड़ा जिले के ज्वाली उपमंडल व दूसरा चंबा के चुवाड़ी से है ये दोनों पंजाब के जालंधर में काम करते हैं दोनों युवक टांडा अस्पताल में उपचाराधीन हैं

जबकि दो लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव पाई गई

उन्होंने कहा कि हिमोत्कर्ष संस्था द्वारा उपलब्ध करवाई गई इन पीपीई किट्स का उपयोग स्वास्थ्य विभाग के पहली पंक्ति के अधिकारी व कर्मचारी करेंगे

राज्यपाल राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने प्रदेश के बागवानों को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध करवाने पर बल दिया है वे आज शिमला स्थित राजभवन में बागवानी विभाग एचपीएमसी और एपीएमसी के अधिकारियों के साथ बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे उन्होंने कहा कि सभी संबंधित विभागों को व्यापक प्रबंध करने की जरूरत है ताकि लॉकडाउन के दौरान कृषि संबंधी गतिविधियां प्रभावित न हो राज्यपाल ने सेब खरीद मंडियों का विकेंद्रीयकरण करने का सुझाव दिया ताकि बागवानों को लाभ हो सके उन्होंने कहा कि किसानों के लाभ के लिए परिवहन सब्सीडी पर भी विचार किया जाना चाहिए इस बीच महिला व बाल विकास विभाग की निदेशक कृतिका कुलेहरी ने राज्यपाल से भेंट की और उन्हें लॉकडाउन के दौरान विभाग द्वारा उठाए गए विभिन्न कदमों की जानकारी दी

गरीब कल्याण योजना केंद्र सरकार लॉकडाउन कफ्र्यू के दौरान समाज के गरीब व जरूरतमंद वर्ग को लाभान्वित करने के लिए विभिन्न योजनाओं के माध्यम से सहायता दे रही है

हमारे चंबा जिला संवाद्दाता विकास ठाकुर से बातचीत में महिलाओं ने इसके लिए केंद्र सरकार का आभार जताया है चंबा ज़िला की मंगला पंचायत में लोकमित्र केंद्र संचालक सुधीर कुमार ने बताया कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधी योजना और प्रधानमंत्री उज्जवला योजना सहित अन्य योजनाओं के लाभार्थियों को अग्रिम राशि उनके खातों में डाली जा रही है

उन्होंने क्षेत्र के लोगों से कोरोना महामारी से बचाव के लिए मास्क पहनने सामाजिक दूरी बनाए रखने और सरकारी आदेशों का सख्ती से पालन करने की अपील भी की पवन काजल ने पुलिस कर्मियों को मास्क व सैनिटाईजर भी बांटे चाय तुड़ान प्रदेश में लॉकडाउन कफ्यू के बीच धर्मशाला चाय फैक्ट्री में सरकार की अनुमति से चाय पत्ती तुड़ान का कार्य शुरू हो गया है धर्मशाला से हमारे ज़िला संवाददाता संदीप कुमार ने बताया कि इस दौरान सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा ध्यान रखा जा रहा है उत्पादकों ने सरकार से चाय उत्पादन को कोलकता भेजने की अनुमति देने का आग्रह किया है

पैट्रोल पम्प जनजातीय ज़िला लाहौल स्पिति में तांदी छुरपक स्थित एकमात्र पैट्रोल पम्प को आज से किसानों व आवश्यक सेवा से जुड़े वाहनों के लिए खोल दिया गया है केलंग के एसडी एम अमर नेगी ने बताया कि ये पैट्रोल पम्प सर्दियों के कारण पिछले करीब पांच माह से बंद था और किसानों की मांग पर इसे खोला गया है उन्होंने कहा कि घाटी में कृषि सीज़न शुरू होने से किसान ट्रैक्टर व पावर टीलर के लिए ईधन आपूर्ति की मांग कर रहें थे

उन्होंने किसानों से सामाजिक दूरी बनाए रखने का आग्रह भी किया उपायुक्त कुल्लू की उपायुक्त ऋचा वर्मा ने कहा है कि जिले में खाद्य वस्तुओं का पर्याप्त भंडारण उपलब्ध है और खुले बाजार व उचित मूल्यों की दुकानों में खाद्य वस्तुओं की कमी नहीं है उन्होंने कहा कि प्रवासी मजदूरों को एक माह का राशन एक मुश्त प्रदान किया गया है